कहा कोविड नाइन्टीन महामारी सामाजिक आपातकाल है

लोगों को घरों पर ही होगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

विधायक निधि भी एक वर्ष के लिए स्थगित

संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर तीन सौ इकसठ हुई

श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े फैसले करने को विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी होगी संसद में वीडियो कॉन्फेंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में कल उन्होंने कहा कि कई राज्यों की सरकारों जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है उन्होंने कहा कि इन बदलती परिस्थितियों में देश को अपनी कार्य संस्कृति और काम करने की शैली में बदलाव की कोशिश करनी चाहिये प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और सरकार इनसे बाहर निकलने के लिए प्रतिबद्ध है पूरी दुनिया के लिये कोविड नाइन्टीन की चुनौती का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान स्थिति मानवता के इतिहास में युगांतरकारी घटना है और भारत को इसके दुष्प्रभाव से निपटना होगा उन्होंने महामारी से लड़ाई में केन्द्र के साथ मिलकर काम करने के राज्य सरकारों के प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ऐसे देशों में शामिल है जिन्होंने अब तक वायरस के फैलने की गति को काबू में रखा है श्री मोदी ने चेतावनी दी कि स्थिति निरंतर बदल रही है और हमें हर समय सतर्क रहने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का पालन करने और कोरोना महामारी से लड़ाई में सरकार का सहयोग करने के लिए जनता की प्रशंसा की

जनपद के अन्य क्षेत्रों में पहले की तरह लॉकडाउन की शर्ते लागू रहेंगी यह लॉकडाउन पन्द्रह अप्रैल की सुबह तक लागू रहेगा जिन जनपदों में यह पूर्ण बंदी लागू की जा रही है ये वो जनपद हैं जहां कोरोना के मरीजों की संख्या छह या छह से अधिक है ये जनपद है आगरा लखनऊ गाजियाबाद गौतमबुद्ध नगर कानपुर नगर वाराणसी शामली मेरठ बरेली बुलन्दशहर बस्ती फिरोजाबाद सहारनपुर महराजगंज और सीतापुर इन जनपदों के हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में सभी द्कानें प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे और शत प्रतिशत घरों की जांच करते हुए सैनेटाइजेशन किया जाएगा खाद्य सामग्री इत्यादि की इन क्षेत्रों में घरों में ही आपूर्ति की जायेगी इस बारे में मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि यहां अति आवश्यक सेवाओं वाले व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी जहां पर केसेस मिले है उन सारे क्षेत्रों को सील करने के निर्देश दिये गये है लॉकडाउन प्रे उत्तर प्रदेश में हैं लेकिन यहां विशेष रूप से शत प्रतिशत होम डिलीवरी प्रेषित की जायेगी वहां पर केवल स्वास्थ्य विभाग और डिलीवरी प्रेषित करने के अलावा बाकी लोग कोई अनावश्यक नहीं जायेंगे उन स्थानों में कोई प्रतिष्ठान या कोई फैक्ट्री वगैरह है वहां भी अलग अलग वाहनों में जाने के बजाया यथा संशव प्रल करके वाहनों में जायेंगे देखिये चूंकि संख्या बढ़ी हुई है तो कम्यूनिटी स्प्रेड न हो उसको रोकने के लिये ये करना आवश्यक है

नोएडा है गाजियाबाद है मेरठ है लखनऊ है आगरा है शामली है सहारनपुर है

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन किया जायेगा

उन सभी हॉट स्पॉट पर जो है पूरी तरह से सख्ती की जायेगी और लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन उन्होंने बताया कि आगरा में बाईस गाजियाबाद में तेरह कानपुर में बारह और लखनऊ में ग्यारह हॉट स्पॉट क्षेत्र चिन्हित किये गये है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने कहा कि हॉट स्पॉट क्षेत्रों से आवागमन हर हालत में रोका जायेगा ं यह बहुत जरूरी है इसका स्प्रेड रोकने के लिये तो हॉट स्पॉट से आवागमन हर दिशा में रोका जाये न बाहर वाले वहां जाये न अन्दर वाले बाहर आये वहां पर मजिस्ट्रेट और जो पुलिस अफसर है वह बराबर दौरा करते रहेंगे और देखेंगे कि इसका कम्पलीट पालन किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने में यह ऐप एक महत्वपूर्ण कदम है यह ऐप महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है और जितने अधिक लोग इसका उपयोग करेंगे यह उतना ही प्रभावशाली होता जाएगा ये कोविड नाइन्टीन से मुकाबले के लिए देश की जनता को एकजुट रखने में मददगार बनेगा इसका उपयोग कर लोग संक्रमित होने की आशंका का आकलन कर सकेंगे यह ऐप दूसरे लोगों के साथ सम्पर्क के आधार पर संक्रमण के जोखिम का आकलन करता है

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन में तीस प्रतिशत कटौती को मंजूरी दे दी है यह धनराशि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बनाए गए यूपी कोविड केयर फण्ड में जमा की जाएगी मंत्रिपरिषद ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की निधि को एक वर्ष के लिए यानी वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए अस्थाई रूप से स्थगित करने का भी निर्णय किया है यह धनराशि भी कोविड केयर फण्ड में जाएगी एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिपरिषद ने आपदा निधि को छः सौ करोड़ रूपये से बढ़ाकर बारह सौ करोड़ रूपये करने को भी मजूरी दी है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के विरूद्व संघर्ष में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का उपयोग कर प्रत्येक गांव और शहर को समयबद्व ढंग से विषाणु मुक्त करने की कार्रवाई राज्य में संचालित है ऐसे में इन फायर टेंडर्स की काफी उपयोगिता है उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन की कार्रवाई से कोरोना संक्रमण को समाप्त करने में सफलता अवश्य मिलेगी

इनमें से एक सौ पनचानवे संक्रमित लोग तबलीगी जमात के हैं सरकारी प्रवक्ता के अनुसार सबसे ज्यादा चौंसठ मामले आगरा में है उन्होंने कहा कि इनमें से अड़तीस तबलीगी जमात के हैं गौतमबुद्ध नगर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अट्ठावन मेरठ में पैंतीस लखनऊ में उन्तीस गाजियाबाद में सत्ताईस शामली में सत्रह सहारनपुर में चौदह और सीतापुर में दस है रामपुर जिले में कल पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आये जिले में पांच मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश में अब तक इकत्तीस कोरोना संक्रमित उपचार के बाद ठीक होकर घर जा चुके है

न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस संबंध में त्रंत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में महामारी को रोकने में गैर सरकारी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है

साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और अपने हाथों को साबून और पानी से कम से कम बीस सेकेण्ड तक अच्छे से धोने की भी सलाह दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना सम्बंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच जारी किया है